प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में अजेय भारत अटल भाजपा का नारा दिया

क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से भोपाल में सुशासन पर आज से दो दिवसीय एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जायेगा

इनमें आईसीटी समर्थित शिक्षा कृषि लोक सेवा तथा शिकायत प्रबंधन और सुशासन विषय सम्मिलित हैं

यह सम्मेलन प्रतिभागियों को नागरिक केन्द्रित शासन ई गवर्नेंस द्वारा पारदर्शिता जवाबदेही और लोकानुकूल प्रभावी प्रशासन के माध्यम से उन्नत लोक सेवा प्रदायगी की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करेगा

उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें नेतृत्व का अभाव है और इसकी विचारधारा अस्पष्ट तथा मंशा भ्रष्ट है श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक के समापन सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अजेय भारत अटल भाजपा का नया नारा दिया इस नारे का तात्पर्य ऐसे भारत से है जो विजयी हो और किसी के सामने भी नहीं झुकता हो तथा एक पार्टी जो अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हो भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार के पास देश के विकास के लिए नेतृत्व दृष्टिकोण जुनून और कल्पना है

नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल ने कल नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि ये केन्द्र मध्मेह कैंसर उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों के इलाज के लिए व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों में कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और और इसकी दरें निर्धारित की गई हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा इससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को फायदा होगा कांग्रेस प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है प्रदेश कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और हिंसामुक्त आंदोलन की अपील की गई है इस बीच पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के संबंध में वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि इस बारे में केन्द्र सरकार से चर्चा की जायेगी उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष अक्टूबर में ही पेट्रोल पर तीन और डीजल पर पांच प्रतिशत वैट कम किया गया था

इसके लिए म प्र ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है पोला उत्सव खंडवा में कल पोला पर्व मनाया गया पोला अमावस्या के दिन बैलों की पूजा का भी विशेष महत्व है इस दिन किसानों द्वारा खेतों में हल चलने वाले बैलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से पूजा की जाती है छत्रपति शिवाजी के वंशज पोला पर्व को दिवाली की तरह मनाते हैं पोला पर्व पर किसान अपने बैलों को नहला धुलाकर सजा संवार कर पूजा अर्चना पश्चात् जिले के गांवों में किसान अपने बैलों को मैदान में ले जाते हैं जहां बैलों की दौड़ होती है ग्रामीण अंचलों के कई स्थानों पर यह परंपरा आज भी जीवित है और पूरे उत्साह के साथ बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है इस दिन ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बने बैल बर्तन बच्चों को खेलने के लिए दिए जाते हैं वैसे तो यह परंपरा महाराष्ट्र प्रांत में बड़े ही धार्मिक उल्लास के साथ पोला उत्सव के रूप में मनाई जाती है लेकिन धीरे धीरे से इसका चलन अन्य प्रांतों में भी हो रहा है महाराष्ट्र से लगे खंडवा में महाष्ट्रीयन परिवारों द्वारा यह पोला उत्सव वर्षो से भादो मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है मौसम मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन ग्वालियर चंबल संभागों में अनेक स्थानों पर और इंदौर धार झाबुआ राजगढ विदिशा रायसेन सागर दमोह अनूपपुर और शहडोल जिलों में कही कही बारिश हो सकती है वहीं राजधानी भोपाल में बादल छाये रहेंगे शहर में हल्की बारिश होने की संभावना है

शिवपुरी क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बांध के गेट खोले जाने से भिंड और दतिया क्षेत्र की नदी सिंघ में उफान आ गया है और ये खतरे के निशान से करीब बह रही है सेवड़ा में घाट पर बने मठ मंदिर डूब गये हैं वहीं बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नरसिंहपुर जिले में भी नर्मदा में पानी बढ़ गया है बरमान में नर्मदा के दोनों घाट डूब गये हैं और नदी किनारे के गॉवों को सतर्क किया गया है हॉकी टूर्नामेंट भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान पर आज से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रहा है

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज शाम दूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगी